पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पहली पुण्यतिथि पूरा देश उन्हें कर रहा है नमन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लालकिले पर आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राजस्थानी दल रहा सभी के आकर्षण का केन्द्र जैसलमेर में चल रही अंतर्राष्ट्रीय आर्मी स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता का आज होगा समापन

कोटा के कैथून में भारी बारिश के चलते बाढ के हालात बने हए है कस्बे के जलमग्न इलाकों में फंसे लोगों को सेना की मदद से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला हालात का जायजा लेने पहुंचेंगे

इस बीच प्रतापगढ जिले में भी भारी बारिश से हालात खराब हो रहे है जिले में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है

जाखम परियोजना के अधिशाषी अभियंता ने चेतावनी जारी कर जाखम नदी और बांध क्षेत्र के आस पास आम लोगों की गतिविधियों पर रोक लगा दी है

इसके अलावा बारां जिले में भी मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है इससे कई स्थानों पर रास्ते अवरूद्ध हो गये है

वहीं परवन नदी का जलस्तर बढने से बारा और झालावाड जिले का सम्पर्क ट्रट गया है इसके अलावा पार्वती नदी में भी बहाव बढने से देंगनी और रामगढ मांगरोल मार्ग भी अवरूद्व हो गया है

बांध पर सुरक्षा के लिये पुलिस जाब्ता तैनात है जालोर जिले में भी देर रात से बारिश का दौर लगातार जारी है

जयपुर में कल कई स्थानों पर मूसलाधार बरसात हुई जयपुर सहित चार जिलों को पेयजल की आपूर्ति करने वाले बीसलपुर बांध में पानी की आवक तेजी से हो रही है जलग्रहण क्षेत्रों में मानसून की सक्रियता के चलर्त पानी का बांध में पहंचना जारी है

देश और प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धाजलि दी जा रही है श्री वाजपेयी देश के तीन बार प्रधानमंत्री बने

इस मौके पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्दाजंलि दी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल शाम जयपुर में राजभवन में राज्यपाल कल्याण सिंह ने स्वल्पाहार कार्यक्रम आयोजित किया राज्यपाल ने आगन्तुकों से मुलाकात की और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं राज्यपाल स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों से मिले और उनसे बातचीत की इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोषी मंत्रीमंडल के सदस्यगण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे

रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के विशेष आमंत्रण पर राज्य सरकार के दिल्ली स्थित सुचना और जनसंपर्क कार्यालय द्वारा भेजे दल में राजस्थानी पगड़ी और धोती से सजे पुरुषों और परंपरागत राजस्थानी वेशभूषा में सज धज कर पहंची महिलाओं ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत सहित कई सेना के अधिकारी समापन समारोह में भाग लेंगे इससे पहले कल प्रतियोगिता के चौथे चरण में भारतीय टीम ने पहला स्थान हासिल किया चौथे चरण में प्रतिभागियों ने छोटे शस्त्र से अपने शूटिंग कौशल का प्रदर्शन किया हमारे संवाददाता ने बताया कि इस प्रतियोगिता में चीन दूसरे पर बेलारूस तीसरे और उज्बेकिस्तान चौथे स्थान पर रहा

पुलिस के अनुसार बसेड़ी के नगला दरवेशा गांव के पास दो मोटरसाइकिलों के आपस में टक्राने से दो लोगों केी मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक बालक घायल हो गया इसी तरह बाड़ी क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई

उधर अलवर के सदर क्षेत्र में कल बस पलटने से दो लोगों की मृत्य हो गई

पुलिस ने बताया कि लोक परिवहन सेवा की एक बस अलवर से बहरोड जा रही थी